भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित सभी पार्टियों के बड़े नेता जुटें चुनाव प्रचार में

कांग्रेस को अब सरकार बनाने की नहीं बल्कि जमानत बचाने की चिंता है श्री मोदी अब से कुछ देर पहले छतरपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बुंदेलखंड बिजली और पानी को तरस गया था लेकिन अब स्थिति बदल गई है यह बदलाव ना राजा लाये और ना ही महाराजा बल्कि बदलाव शिवराज लाये हैं प्रधानमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हये कहा कि प्रदेश में और खासतौर पर बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनायें है और हमारी सरकार इसको बढावा देने के लिये काम कर रही है प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद मंदसौर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सागर में एक सभा को संबोधित करते हुये भाजपा पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल अमीरों की पूछ किया करती है श्री गांधी ने कहा कि मध्यप्रदेश के लोगों ने अभी शिवराज सरकार को और कुछ महीनों के बाद केन्द्र सरकार को हटाने का मन बना लिया है राहुल गांधी आज दमोह और टीकमगढ़ में भी जनसभायें करेंगे

सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं आगरमालवा जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है

इसके बाद वे शिवपुरी भिंड और मुरैना के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती आज सागर जिले के खुरई में विदिशा जिले की गंजबासौदा भोपाल के बैरसिया इन्दौर के राऊ और उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र सहित कई शहरों में चुनाव प्रचार के लिये हिस्सा ले रहे हैं भाजपा के एक और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी सिंगरौली और अनूपपुर जिले में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं

इसके बाद मुख्यमंत्री झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन इन्दौर और देवास जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश के दौरे पर हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं

धार जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये इस बार शासकीय कर्मचारियों को मोबाइल पर एस एम एस भेजकर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है

इसके अंतर्गत इंदौर भोपाल सतना मुरैना होशंगाबाद रायसेन सागर उज्जैन और शिवपुरी में मतपत्र के द्वारा मतदान किया जा चुका है वहीं आज अशोकनगर में चुनाव ड्यूटी में तैनात शासकीय कर्मचारियों द्वारा सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक डाक मत पत्रों के जरिए मतदान करेंगे चुनाव सुरक्षा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये हैं शिवपुरी जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर जिला पुलिस बल और पैरा मिलिट्रि फोर्स के जवान तैनात रहेंगे इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं

विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए इज्तिमा कल देर शाम दुआ के साथ खत्म होगा

बैठक में उन्होंने मतदान के दिन गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के निर्देश दिये